प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समूचे देश में विस्तार का शुभारंभ किया इस अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने लोगों से इस योजना को सामाजिक आंदोलन बनाने का आहवान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से लैंगिक अनुपात बढ़ा है लेकिन इसमें अभी और सुधार की जरूरत है साउंड बाईट बेटा बेटी दोनों एक समान की इस भाव को लेकर के अगर चलेंगे तो जब चार पांच छह पीढी में पुरा हआ है वो शायद हम दो या तीन पीढी में ठीक कर सकते हैं इसलिए हमें सामाजिक आंदोलन खड़ा करना होगा जन आंदोलन खड़ा करना होगा और ये जो पिछले दो वर्ष के अनुभव है उसमें जो सफलता मिली है उसे ध्यान में रखकर के आज भारत सरकार ने हिन्दुस्तान के सभी डिस्कट्रीट के साथ अब इस योजना को लागू किया जा रहा है कि बात अच्छी होगी कि ज्यादा अच्छी बात होगी उस पर काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या की चर्चा करते हुए कहा कि मानवता के लिये यह बहुत बड़ा कलंक है और इससे साबित होता है कि हम अठारहवीं सदी की सोच से भी पीछे चल रहे हैं

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि इस अभियान के द्वारा महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या पर बहत हद तक काबू पाया जा सकेगा

राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी लाना और छोटे बच्चों महिलाओं और बालिकाओं में खून की कमी को दूर करना तथा बच्चों में बौनेपन के प्रसार में कमी लाना है सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत की महिलाएं अब पहले की अपेक्षा अधिक सशक्त हैं आज नई दिल्ली में एक आयोजन के दौरान श्रीमती ईरानी ने कहा कि अब महिलाएं मासिक धर्म के दौरान सफाई और स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करने में अधिक सहज हैं केन्द्र जमीनी स्तर से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है

वो घोषणाएं फलीभूत होती हैं आज के दिन नमन करती हूं हर उस महिला को जिसने हिम्मत की सपने देखने की उन सपनों को साकार किया लेकिन सफलता के पथ पर अकेली नहीं चली बल्कि अपनों को साथ लेकर चली ताकि विकास उनका भी हो जितना उसका हुआ है केन्द्र सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शत प्रतिशत प्राकृतिक रूप से नष्ट होने योग्य सुविधा नाम के सैनिटरी नैपकिन को बाजार में उपलब्ध कराने की घोषणा की है रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुविधा सैनिटरी नैपकिन भारत की महिलाओं के लिए एक विशेष उपहार है उन्होंने बताया कि चार पैड के पैकेट के लिए इसकी कीमत मात्र दस रुपये रखी गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में मानव तस्करी से मूक्त कराये गये लोगों से मूलाकात की इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि मानव तस्करी सिर्फ सामाजिक ब्राई नहीं बल्कि मानवता के प्रति एक अपराध है उन्होंने मानव तस्करी से मुक्त कराये गये लोगों के पुनर्वास के लिये उचित माहौल बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया बाद में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने प्रख्यात महिलाओं और संस्थानों को नारी शक्ति प्रस्कार प्रदान किया जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया है उनमें पटना की डॉक्टर भारती कश्यप भी शामिल हैं डॉक्टर भारती बिहार और झारखंड की पहली ऐसी महिला है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिये उल्लेखनीय काम किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया दानापुर रेल मंडल और समस्तीपुर रेल मंडल ने इस अवसर पर एक अनूठी पहल करते हुए पहली बार स्टेशनों और ट्रेनों में महिला कर्मियों की तैनाती की फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन पर आज सभी कामों की जिम्मेवारी महिला कर्मियों को सौंपी गयी वहीं समस्तीपुर रेल मंडल में ट्रेनों में टिकट चेकिंग से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक में महिला कर्मियों की तैनाती की गयी कई ट्रेनों का परिचालन भी महिलाओं ने किया सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के ददरी पंचायत की मुखिया रिंकू कुमारी और पूर्वी चंपारण जिले के दो पंचायतों की मुखिया बेबी आलम और श्वेता वर्द्धन को स्वच्छ भारत अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया विधानसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का रंग दिखा सत्तारूढ़ और विपक्ष की सभी महिला सदस्यों ने महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही सभी महिला विधायक अपने अपने स्थान से खड़े होकर महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग करने लगीं इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने महिला सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं श्री चौधरी ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के इस वर्ष के थीम को ध्यान में रखते हुए सदन में निर्धारित प्रश्न काल की सूची में महिलाओं के सवालों को सदन की सहमति से सबसे पहले लिया जाना चाहिए श्री चौधरी के इस आग्रह पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी श्री चौधरी ने कहा कि महिलाओं की एकजुटता देखकर उन्हें काफी प्रसन्नता हुई है लेकिन आपकी जो मांगें हैं वो इस सदन का विषय नहीं है यह संसद का मामला है इधर विधान परिषद् में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिये केन्द्र और राज्य सरकार को समुचित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए इधर आज भी विधान परिषद् में मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया उप सभापति हारूण रशीद के आसन ग्रहण करते ही राजद के सुबोध राय ने इस मामले पर चर्चा कराने की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करने की मांग की उप सभापति ने कार्य संचालन नियमावली का हवाला देकर श्री राय के कार्य स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया इसके बाद सदस्य हंगामा करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये परिषद् की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व सदन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास राजद सदस्यों ने मुख्य सचिव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम ने आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य और अन्य कर्मियों से प्रछताछ की और आपत्तिजनक कागजात बरामद किया प्राचार्य को नामांकन रजिस्टर समेत अन्य कागजात के साथ सीबीआई टीम के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है अररिया लोकसभा और जहानाबाद तथा भभुआ विधानसभा उप चुनाव के लिये चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज भभुआ और जहानाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि वे काम के आधार पर वोट मांगने आये हैं उन्होंने दावा किया कि उप चुनाव के तीनों परिणाम एनडीए के पक्ष में रहेंगे भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने लोगों से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को सराहा है राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में राजद उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया इधर भाकपा माले की ओर से भी जहानाबाद में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया गया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार बीज के कारण मक्के की फसल प्रभावित होने के कारणों की जांच कराकर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी श्री कुमार ने कहा कि विभाग की ओर से गठित जांच समिति ने खेतों में जाकर मक्के की फसल की जांच की है जांच में यह पाया गया कि जिन किसानों ने पहले फसल की बुआई की थी उनकी फसल में पचास प्रतिशत दाने आये जबकि जिन्होंने नवम्बर के पहले सप्ताह में बुआई की उनकी फसल में शत प्रतिशत दाने आये कृषि मंत्री ने कहा कि सीमांचल और कोसी क्षेत्र के जिलों के साथ ही पूरे राज्य में वैज्ञानिकों की एक और टीम फसल का जायजा लेगी अंतिम रिपोर्ट आने के बाद सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जायेगा